स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

वन विभाग दवारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में तीन सौ से अधिक लोगो ने अपना एयरगन सरेंडर किया इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नात्ंग लोक सभा सांसद तापिर गाव विधायक निनोंग ईरिंग कालिंग मोयोंग लोंबो तायेंग सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे इससे पहले म्ख्यमंत्री पेमा खांड् और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने पासीघाट में अरुणाचल स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का विकास सरकार की प्राथमिकता में है करीब दस करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है म्ख्यमंत्री ने जवाहर लाल नेहरु कॉलेज के ब्वायज हॉस्टल के ब्लॉक दू और ब्लॉक थ्री का उद्घाटन किया वर्ष उन्नीस सौ चौसठ में स्थापित जे एन कॉलेज राज्य में सबसे प्राना उच्च शिक्षण संस्थान है और सरकार ने इसके जर्जर हो च्के छात्रावासों के पुनर्निमाण के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि आवंटित की है इस महा विदयालय में राज्य के कई जिलों के छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेते है और बेहतर छात्रावास से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा

इस दौरान कोरोना से सात सौ चौदह रोगियों की मौत हई है देश भर में अबतक सात करोड़ तीस लाख से अधिक लोगो को कोविड के टीके लगाए जा च्के है इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आने के बाद सक्रिय मामलो की संख्या बढ़कर पांच हो गई है राज्यभर में कल कोविड जांच के लिए एक सौ चार सैंपल लिए गए नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ बी के पॉल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के लोगो को टीकाकरण में प्राथमिकता दी है क्योकि देश में कोविड से मरने वाले अड्डासी प्रतिशत लोग पैतालीस वर्ष या उससे अधिक आय् के थे श्री पॉल ने जोर देकर कहा कि भारतीय टीके स्रक्षित और प्रभावी और उपलब्ध आकंड़ो से पता चलता है कि भारतीय टीके ब्राजील और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के दोनो ही रुपो के विरुद्ध प्रभावी है

इस अवसर पर राज्य स्वास्थ सेवा निदेशक डॉ एम लेगो संय्क्त निदेशक डॉ डी रैना राज्य के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एल जम्पा जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कालिंग दाई और बाकिन पर्टिन जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉ वाई आर दारांग सहित कई अधिकारी मौजूद थे अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हेपेटाइटिस मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर की स्थापना से प्रदेश के विभिन्न इलाको के लोगो को इस बीमारी के इलाज में स्विधा होगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार दवारा वर्ष दो हजार तीस तक हेपेटाइटिस बीमारी के उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही हैं